केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्व आज बिलासपुर में भाजपा शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित किया वित्तीय ॅअनुशासन के लिए राज्य में वर्तमान में स्थापित पांच विद्युत कम्पनियों की संख्या को कम कर दो कम्पनियां बनाने पर विचार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा राजिम के त्रिवेणी संगम में चल रहे माधी पुन्नी मेले में संत समागम शुरू हुआ देशभर के साधु संत हो रहे हैं शामिल भारत पाक भारत ने अपने सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया है और पाकिस्तानी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कल भारत की हवाई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने आज सुबह अपने लड़ाकू विमानों से जवाब देने की कोशिश की लेकिन भारत की सतर्कता और तैयारी के कारण उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सीमा में लोगों ने इस विमान को गिरते हुए देखा उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में भारत को एक मिग ट्वेंटी वन विमान खोना पड़ा विमान का पायलट लापता है प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान का दावा है कि यह पायलट उसके कब्जे में है भारत तथ्यों का पता लगा रहा है हवाई अड्डे नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सूचित किया है कि असैनिक हवाई यातायात के लिए उत्तर भारत में जिन हवाई अड्डो को कृछ समय के लिए बंद किया गया था उन्हें खोल दिया गया है इससे पहले आज श्रीनगर जम्म लेह पठानकोट अमृतसर गगल और भूंटर हवाई अड्डों में असैनिक हवाई यातायात बंद कर दिया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा जैश ए मोहम्मद के आंतकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया राजनाथ सिंह बिलासपुर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्व है तथा उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा श्री सिंह ने यह बात आज बिलासपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कही उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि बलिदान व्यर्थ नही जाने देंगे और कार्रवाई की गई अपने प्रवास के दौरान श्री सिंह ने शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित भाजपा शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नई ऊर्जा और नए जोश के साथ जुटने का आव्हान किया मुख्यमंत्री अनुदान मांग मुख्यमंत्री ने कहा है कि वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य में वर्तमान में स्थापित पांच विद्युत कम्पनियों की संख्या को कम कर दो कम्पनियों बनाने पर विचार किया जाएगा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों को लेकर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही उन्होंने बताया कि रेत खदानों में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए न केवल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे बल्कि जांच के लिए सैटेलाइट और जीपीएस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा राज्य में सीमेंट की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार के नियंत्रण का विषय है लेकिन फिर भी राज्य सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जल्द ही सीमेंट कंपनियों की बैठक बुलाकर विचार विमर्श करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्बिकापुर जगदलपुर और बिलासपुर की हवाई पट्टियों के निर्माण का कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा यहां से विमान सेवाओं का संचालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री के विभागों के लिए लगभग साढ़े बारह हजार करोड़ रूपए की अनुदान मांगें कल सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गई विधानसभा मांस बिक्री राज्य विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण के जरिये खुले में मांस बिक्री का मामला जोरशोर से उठाया गया इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के जवाब से असंतृष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में बताया कि गरियाबंद के अलावा कई जगहों पर खुले में मांस की बिक्री हो रही है साथ ही स्लाटर हॉउस में इंसीनरेटर नहीं लगाए गए हैं इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सदस्य धर्मजीत सिंह ने भी इस विषय पर सवाल पूछे जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि गरियाबंद में कोई स्लाटर हाउस नहीं है उन्होंने खुले में मांस बिक्री होने के आरोपों का भी खंडन किया इसके बाद मंत्री के जवाब से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया

अब हर महीने दस हजार रूपए की सम्मान निधि दी जाएगी पहले यह राशि हर महीने पांच हजार रूपये थी कल राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी किया कि अब पत्रकारों को यह सम्मान निधि पांच वर्षो की बजाए आजीवन दी जाएगी साथ ही इसके लिए न्यूनतम आयु बासठ वर्ष को घटाकर साठ वर्ष कर दी गई है मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष के माध्यम से पत्रकारों को स्वयं या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की बीमारियों के इलाज के लिए पहले न्यूनतम पांच हजार से अधिकतम पचास हजार रूपए तक की सहायता राशि दी जाती थी सरकार ने इस राशि में भी वृद्वि करने का निर्णय लिया है इसके तहत अब न्यूनतम दस हजार रूपए और अधिकतम दो लाख रूपए तक की राशि दी जाएगी सर्टिफिकेशन कोर्स मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने सुचारू रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए चुनौतियों को समझना जरूरी बताया है यह बात उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के तहत सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के पहले समूह के सर्टिफिकेशन कोर्स के तहत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही श्री साह ने कहा कि निर्वाचन की सफलता चुनाव अधिकारियों की समन्वय क्षमता पर निर्भर करती है उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्र और मतदान दल के चयन के साथ परिवहन मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग पर बल दिया राजिम संत समागम राजिम के त्रिवेणी संगम में चल रहे माघी पुन्नी मेले में संत समागम शुरू हो चुका है इसमें छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए साधु संत शामिल हो रहे हैं बीती रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संत समागम का शुभारंभ किया इस मौके पर धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अनेक मंत्री और जनप्रतिनिधियों के के साथ जगत् गुरू शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज भी उपस्थित थे इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि राजिम माधी पुन्नी मेला में छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को दोबारा मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया है धर्मस्व मंत्री श्री साहू ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष के अनुभवों के आधार पर आने वाले समय में मेला स्थल पर और बेहतर आयोजन किया जायेगा संत समागम और माघी पुन्नी मेले का समापन चार मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा रेलवे खाली सीट रेलयात्री अब खाली सीटों के बारे में पूरी जानकारी चार्ट बनने के बाद भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में चार्ट की तैयारी के बाद खाली बर्थ की रिथिति दर्शाने और बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न डिब्बों में उपलब्ध बर्थ की जानकारी चित्र के रूप में उपलब्ध होगी श्री गोयल ने कहा कि यात्रा के बीच में आने स्टेशनों पर गाड़ियों में खाली होने वाली बर्थ की जानकारी भी मिल सकेगी इससे रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगी क़षि कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत संचालित केंद्र को चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ केन्द्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है यह पुरस्कार राजधानी रायपुर में कृषि विशेषज्ञों की राष्ट्रीय समूह बैठक में प्रदान किया गया चारा उत्पादन बढ़ाने को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत यह बैठक हुई इसमें क्रषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डॉक्टर आरके सिंह के साथ चारा विकास परियोजना के तहत संचालित देश के सभी बाईस केन्द्रों के सत्तर वैज्ञानिक शामिल हुए श्री सिंह र्ने बताया कि परियोजना के तहत देश में चारा फसलों की दो सौ तीस नई किस्में विकसित की गई हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहाद्री के साथ कार्य करने वाले राज्य के इक्कीस पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है पुलिस मुख्यालय से जारी सुची में एसआई और तीन मुख्य आरक्षकों के साथ सत्रह आरक्षकों को पदोन्नति दी गई है एसआई आकाश मसीह को निरीक्षक बनाया गया है नारायणपुर के दस दंतेवाड़ा के सात और बीजापुर के चार पुलिसकर्मियों को यह पदोन्नति दी गई है इस बीच गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों परिवहन विभाग में नियुक्ति दी है साथ ही इन अधिकारियों की नई पदस्थापना आदेश भी जारी कर दी गई है मुख्यमंत्री सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंशुमान सिसोदिया को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और दुर्ग ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपीचंद मेश्राम को वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बनाया गया है जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो के उप पुलिस अधीक्षक शोएब अहमद खान को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नियुक्त किया गया है

छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के कार्यालय से ये नतीजे जारी किए